इस अवसर पर श्री कोश्यारी ने मकर सक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि अपने गांवों से जुड़े रहने से हम अपनी संस्कृति को भी संरक्षित रख सकेंगे उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को प्रकृति का वरदान प्राप्त है यह गंगा यमुना जैसी पावन नदियों का प्रदेश है श्री कोश्यारी ने कहा कि मराठी और उत्तराखण्ड की भाषा में भी समानता है जो हमें एकत्व का बोध कराती है उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में दोनों राज्यों के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति को निकट से जानने का मौका मिलेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड भवन निश्चित रूप से राज्य के सम्मान का प्रतीक साबित होगा उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड भवन के द्वार प्रदेश और प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड भवन में दो कमरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोगियों के तीमारदारों के लिए आरक्षित रखने की घोषणा की है यहां उत्तराखण्ड के उत्पाद भी उपलब्ध कराए जाएंगे साथ ही पर्यटकों और निवेशकों की सहायता के लिए इनमें कार्यालय स्थापित किए जाएंगे सीएए रैली पौड़ी प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को विपक्ष के कुछ लोगों का समर्थन भी मिल रहा है आज श्रीनगर गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीएए के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली रैली में महिलाओं और छात्र छात्राओ ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

देवस्थानम विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि तीर्थ पुरोहितों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जायेगा उन्होंने कहा कि देश विदेश के श्रद्दालुओं को उत्तराखण्ड के धार्मिक स्थलों पर आने का मौका मिले और उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों इसके लिए यह विधेयक लाया गया है मुख्य सचिव रुद्रपुर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उधम सिंह नगर कार्निवाल के तहत जनपद और ब्लॉक स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर कार्निवाल ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाओं को निखारने में एक अहम रोल अदा करेगा उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश के अन्य जनपदों में भी होना चाहिए कुमाऊं मंडल को एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्य सचिव ने कहा कि इस संबंध में पहले एक स्थान का चयन किया गया था लेकिन उसको बनाने में ज्यादा लागत आ रही थी जिसके कारण उस प्रस्ताव को रद्द करते हुए नए स्थान का चयन किया गया है इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये है

इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है दिल्ली छावनी में सेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने में सेना संकोच नहीं करेगी उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बिल्कुल बरदाश्त नहीं किया जायेगा

गुलाबराय मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीडीओ सरदार सिंह चौहान ने कहा कि यह दिन देश के प्रति समर्पण और कुर्बानी देने की प्रेरणा का पवित्र अवसर माना जाता है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना दिवस पर सेना हमें सुरक्षा का एहसास कराती है और उस पर हमेशा खरा उतरती है इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय भी देशवासियों की सुरक्षा करती है उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी सेना पर गर्व है कार्यक्रम के तहत सुबह मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया इसके साथ ही गुलाबराय मैदान में सैन्य शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई आर्मी डे चमोली चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित सैनिक कल्याण कार्यालय में आज आर्मी डे मनाया गया इस मौके पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में पूर्व सैनिक का आहवान किया गया कि वे जिले में सशक्त लोकतंत्र व निर्वाचन साक्षरता संबंधी कार्यक्रमों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें पूर्व सैनिकों को बूथ लेवल से लेकर मतदान व मतगणना तक की तमाम जानकारियां दी गईं

बाड़ाहाट कू थौलू के नाम से मशहूर इस मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौराणिक माघ मेला हमारा उत्सव है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में चारधाम है और यहां का हर बच्चा वीर है इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश को चारधाम के अलावा पांचवां धाम सैनिक धाम माना हैं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में जहां जहां मानक के अनुरूप केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्भावना होगी वहां विद्यालय खोले जाएंगे इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया मकर संक्रांति प्रदेश में आज भी मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया बागेश्वर में श्रद्वालुओं ने माधी स्नान कर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान के लिए दूर दराज से सैकड़ों श्रद्वालु मंगलवार की रात ही बागेश्वर पहुंच चुके थे श्रद्वालुओं ने स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्धय दिया और सरयू पूजन किया मकर संक्रांति के अवसर पर बागनाथ मंदिर में भक्तों की सुबह चार बजे से ही लाइन लग गई थी इस दौरान उत्तरायणी मेले में आए लोगों ने विभिन्न धार्मिक संस्कार आयोजित किए नदी किनारे लोगों ने मुंडन संस्कार जनेऊ संस्कार के साथ ही पितरों का तर्पण भी किया चंपावत जिले में भी मकर संक्रांति का पर्व पूरी श्रद्दा के साथ मनाया गया जिले के ब्यानधुरा पंचेश्वर रामेश्वर बालेश्वर रिषेश्वर सहित जिले भर के मन्दिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ी रही हजारों श्रद्वालुओं ने महाकाली और शारदा संगम तटों पर डुबकी लगाकर मन्दिरों में पूजा अर्चना की इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया टनकपुर सहित कुछ स्थानों पर उत्तरायणी मेला भी लगा दूसरी ओर बच्चों ने अपने पसंदीदा घुघुतिया त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न पकवानों से बनी मालाओं को गले में डाल काले कब्बा काले घुघुतिया माला खाले का आहवान किया उधर अल्मोड़ा में गायत्री परिवार में जनेऊ मुंडन कर्णभेद संस्कार के साथ साथ दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया आदिबदरी कपाट पंच बदरी में से एक भगवान आदिबदरी धाम के कपाट मकर संक्रांति के अवसर पर आज तड़के चार बजे श्रद्वालुओं के लिए खोल दिए गए सबसे पहले मंदिर के पुजारी ने भगवान आदिबदरी की विशेष पूजा अर्चना व श्रृंगार किया इस मौके पर आदिबदरी धाम को गेंदे के फूलों से सजाया गया कपाट खुलने के बाद मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा करीब एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों व वार्षिक महाभिषेक की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं चमोली जिले में स्थित आदिबदरी धाम के कपाट हर वर्ष पौष माह में बंद रहने के पश्चात मकर संकाति के दिन खोले जाते हैं